औरंगाबाद के नवीनगर स्थित एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्लांट से कल से बिहार को पांच सौ सत्रह मेगावाट बिजली मिलने लगेगी केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह कल इस व्यावसायिक उत्पादन की शुरूआत करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया एनटीपीसी की प पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नवीनगर पावर जेनरेशन कि कंपनी एनपीजीसी पहली यूनिट तैयार होने के बाद छह सौ साठ मेगावाट वाली दो अन्य यूनिट का भी निर्माण कर रही है

यह दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि शिक्षक दिवस पर सरकारी और निजी विद्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन कर डॉक्टर राधाकृष्णन के योगदान को याद किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि छात्रों के लिए शिक्षक अभिभावक के समान होते हैं और उन पर देश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी होती है श्री कोविंद शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रपति ने शिक्षकों से उनकी ब्रनियादी जिम्मेदारियां समझने को भी कहा श्री कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि वे न केवल एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ और लेखक थे बल्कि एक विलक्षण शिक्षक थे

उन्होंने शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा का लक्ष्य मैन मेकिंग एजुकेशन होना चाहिए डॉ राधाकृष्णन कहा करते थे कि अच्छा शिक्षक वो है जो जीवनभर विद्यार्थी बना रहता है इस अवसर पर राष्ट्रपति ने छियालीस शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये श्री कोविंद ने जिन शिक्षकों को सम्मानित किया उनमें बांका के कुल्हरिया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमीनपुर के प्रधानाध्यापक पप्पू हरिजन भी शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर अंक्श लगाने में सक्रिय भागीदार बनने का आहवान किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि शिक्षक अपने छात्रों को ऐसे प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में समझायेंगे और इसका उपयोग नहीं करने की सलाह देंगे तो छात्र भी इस आंदोलन में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर उन्हें यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी मूख्यमंत्री नीतीश क्रमार ने कहा है कि सरकार नियोजित शिक्षकों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और उनकी वाजिब मांगों पर विचार किया जायेगा पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह में श्री कुमार ने कहा कि शिक्षकों को मांगों से अधिक अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है

श्री कुमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट चार हजार करोड़ रूपये से बढ़कर बत्तीस हजार करोड़ रूपये हो गया है इस अवसर पर श्री कुमार ने बीस शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया समारोह को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने भी संबोधित किया समान काम के लिये समान वेतन की मांग को लेकर प्रदेश के नियोजित शिक्षकों ने आज पटना में प्रदर्शन किया शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल को सील कर दिया था पटना के विभिन्न मार्गों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी थी ताकि शिक्षकों को एक जगह जमा होने से रोका जा सके गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों के संगठनों ने शिक्षक दिवस पर पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन की घोषणा की थी जिसके बाद राज्य सरकार ने शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी थी और उन्हें स्कूल में रहने की हिदायत दी गयी थी सीतामढ़ी नगर थाना में पदस्थापित एक दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है आरोप है कि गिरफ्तार पुलिसकर्मियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से रिश्वत में चार किलो चांदी ली थी पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि चांदी बरामद कर ली गयी है इधर मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर के थानाध्यक्ष महेश रजक को एक महिला के साथ अभद्र तरीके से बातचीत करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है निलंबित थानाध्यक्ष का एक वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गयी है वहीं मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक मनु महाराज ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में भागलपुर के बरारी थाना में पदस्थापित चार और मुंगेर में पदस्थापित एक दारोगा को निलंबित कर दिया है दूसरी तरफ वैशाली जिले के कटहरा पुलिस आउटपोस्ट के प्रभारी विनोद कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह द्वारा भोला सिंह और एक अन्य व्यक्ति की हत्या की साजिश से जुड़े ऑडियो में उनकी आवाज की पुष्टि हुई है पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्र ने बताया कि एफएसएल की जांच में वायरल ऑडियो में अनंत सिंह की आवाज की पुष्टि हुई है उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट को बाढ़ की एक अदालत को सौंप दिया गया है इधर अनंत सिंह के खास माने जाने वाले लल्लू मुखिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि विधायक ने ही भोला सिंह और एक अन्य की हत्या की साजिश रची थी अपने कबूलनामे में लल्लू मुखिया ने कहा है कि दोनों की हत्या के लिये तीन शूटर को भेजा गया था साथ ही एके सैंतालीस रायफल से पूरे घटना को अंजाम दिया जाना था पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को जमानत दे दी है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का नाम आने के बाद उनके बेगूसराय स्थित आवास पर छापेमारी करने गयी सीबीआई टीम को चंद्रशेखर वर्मा के घर से कारतूस मिले थे इसके बाद उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माने की व्यवस्था का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से बड़ी संख्या में हो रही मौतों को देखते हुए कानून को और कड़ा बनाने का फैसला किया गया उन्होंने कहा कि देश में ऐसे वाहन चालकों की कमी नहीं है जिनके लिये कड़े जुर्माने के बगैर यातायात नियमों का कोई मतलब ही नहीं है मैथिली लघु सिनेमा की शुरूआत के पच्चीस वर्ष प्ररे होने पर सात और आठ सितम्बर को दरभंगा में मैथिली लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस महोत्सव में मैथिली भाषा में बनी पांच लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा गया जिले के टेकारी प्रखंड के रानीगंज मुहल्ला में चाईनीज लाईट से लोगों की आंखों में जलन का मामला सामने आया है एक समारोह के दौरान लाईट के कारण लगभग दो सौ लोगों की आंखों में जलन होने लगी मौके पर पहुंची चिकित्सकों की टीम ने प्रभावितों का इलाज किया सभी मरीजों की रिथति अभी ठीक बतायी जाती है पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के कामकाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है न्यायमूर्ति एके उपाध्याय की एकल पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में दिये गये न्यायिक आदेश का पालन नहीं करने पर ये फैसला सुनाया मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति से लगभग बारह लाख रूपये लूट लिये

वहीं जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी से ढाई लाख रूपये लूट लिये पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से साठ लाख रूपये मूल्य का पांच क्विंटल गांजा बरामद किया है मौके से तीन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है खगड़िया जिले की एक अदालत ने नाबालिंग के साथ द्वष्कर्म के एक आरोपी मेंहदी हसन को दस वर्ष कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है अंजनी कुमारी इकतीसवीं राष्ट्रीय ईस्ट जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार का नेतृत्व करेंगी वे रोहतास जिले की रहने वाली हैं यह खेल प्रतियोगिता चौदह और पंद्रह सितम्बर को रांची में आयोजित की जायेगी